नदी नाले उफान पर हैं कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है खासकर बस्तर संभाग में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है

आशंका है कि यह पुल कभी भी ढह सकता है कई गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट चुका है कोंडागांव के जमकोटपारा में तालाब का तट टूट जाने से जगदलपुर से रायपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर घुटनों तक पानी भर गया है जिससे आवागमन बाधित हुआ है इसी तरह बीजापुर नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले में भी लगातार बारिश से जिला मुख्यालयों से सड़क संपर्क टूटा हुआ है वहीं बीजापुर जिले में इंद्रावती सहित सभी छोटे बड़े नाले उफान पर हैं जगदलपुर भोपालपट्नम मार्ग में आवागमन बाधित हुआ है दंतेवाड़ा जिले की शंखिनी डंकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है इस बीच सुकमा जिले में स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है हमारे संवाददाता ने बताया कि आज दिनभर बारिश नहीं होने से शबरी सहित जिले से बहने वाली विभिन्न नदियों और नालों का जलस्तर कम हुआ

रानीगांव सहित कई जगहों पर पानी भर गया है संभाग मुख्यालय से मुंगेली का सड़क संपर्क टूटा हुआ है इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है जैजैपुर ब्लॉक के ग्राम जमड़ी में स्थापित डेढ़ सौ साल पुराना शिव मंदिर बारिश से ढह गया है इसी तरह जिले के डभरा के वार्ड ग्यारह में बारिश से मिट्टी का एक घर भरभराकर गिर गया इस हादसे में एक व्यक्ति की दबने से मौत हो गई वहीं बालोद जिले के डॉंडीलोहारा थाना क्षेत्र में रिथत केरीनाला में पुल पार करते समय एक युवक बह गया लगातार बारिश के कारण पुल के ऊपर से पानी बह रहा है इधर लगातार बारिश के कारण गरियाबंद जिले में स्थित सिकासेर बांध के दस गेट खोल दिए गए हैं बांध से प्रति सेकेंड दस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है इससे पैरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है प्रशासन ने पैरी नदी के किनारे बसे गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है इस बीच मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है वहीं दक्षिण बस्तर के बीजापुर और उससे लगे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है

आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है दुर्ग जिले में आज अंठावन नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल के पांच डॉक्टर सहित सोलह कर्मचारी भी शामिल हैं इसी तरह पाटन विकासखंड के रानीतराई में एक ही परिवार के तीन सहित चार लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं कोतवाली थाना भिलाई नगर के तीन आरक्षक की भी जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद थाना परिसर को सील कर दिया गया है थाने का संचालन अस्थायी तौर पर थाना परिसर के बाहर टेन्ट लगाकर किया जा रहा है उधर कोरबा जिले में अट्ठारह नये मरीजों की पहचान की गई है इनमें जिला पंचायत के तीन वाहन चालक सहित नगर निगम के दो कर्मचारी शामिल हैं इस बीच कोरबा जिले के दिलका गेवरा निवासी पचपन वर्षीय एक व्यक्ति की आज बिलासपुर के अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई इधर जांजगीर चांपा जिले में आज बारह नये कोरोना मरीज मिले हैं जिला पंचायत के सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि नये मरीजों में नौ सक्ती और तीन डभरा ब्लॉक के हैं वहीं रायगढ़ जिले में आज सत्ताईस लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जिनमें से उन्नीस मरीज छोटे खैरा गांव के हैं इस बीच घरघोड़ा में न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद घरघोड़ा व्यवहार न्यायालय को चार दिनों के लिए बंद कर दिया गया है इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारियों को होम क्वारेंटाइन में रहने के निर्देश दिए गए हैं न्यायालय के जरूरी कामकाज जिला न्यायालय रायगढ़ में कार्यरत् अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे

इनमें से पांच जगदलपुर और दो खालेपारा लोहांडीगुडा से है गौरतलब है कि कल देर रात स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार विभिन्न जिलों से एक हजार बावन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई थी वहीं पांच सौ चौव्वन कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया इनमें सर्वाधिक रायपुर जिले से तीन सौ इकतालीस और द्र्ग जिले से दो सौ अट्ठाईस मरीजों की पहचान हई थी कोरोना लक्षण जांच स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ और कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले लोगों के चौबीस घंटे के भीतर सैंपल जांच के निर्देश दिए हैं विभाग ने कोरोना संक्रमण के संभावित मरीजों की पहचान के लिए सभी जिलों में सघन सक्रिय सर्विलेंस संचालित करने को कहा है इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर जरूरी निर्देश दिए हैं पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के प्रकरणों की संख्या तेजी से बढ़ी है प्रदेश में गंभीर लक्षणों के साथ पाए जा रहे मरीजों और कोरोना संक्रमण से मृत्यु के मामलों में भी वृद्वि हुई है इन स्थितियों के चिकित्सकीय अध्ययन के बाद इसके नियंत्रण के लिए त्वरित कदम उठाया जाना जरूरी है कोरोना टेस्टिंग बालोद जिला चिकित्सालय में भी अब ट्रू नॉट तकनीक से कोरोना के संभावित मरीजों की जांच शुरू हो गई है संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद और संजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया कलेक्टर ने बताया कि जिला चिकित्सालय सहित जिले के सात स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटीजन टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया गया है वहां भी कोरोना के संभावित मरीजों की जांच की जा रही है

यह घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रायपुर में आयोजित परिचर्चा में की डॉक्टर टेकाम ने बताया कि परिचर्चा का उद्देश्य राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्कूल शिक्षा विभाग के सभी निकायों को नई शिक्षा नीति से परिचित कराना है इस दौरान नई शिक्षा नीति को प्रदेश में किस तरह और किस रूप में लागू किया जाए इस पर भी मंथन किया गया उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिन शिक्षकों ने विभिन्न नवाचारी प्रयास के तहत पढ़ई तुंहर पारा लाउड स्पीकर स्कूल और बुलटू के बोल जैसे कार्यक्रम के जरिये शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस के दिन प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा संबंधित शिक्षकों को इसके लिए अपने कार्य का वीडियो और फोटो वेबसाइट में अपलोड करना होगा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह प्रमाण पत्र सीधे संबंधित शिक्षकों को ई मेल से भेजा जाएगा ईएसआईसी कुर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कामगारों को इस साल चौबीस मार्च और इकतीस दिसंबर के बीच बेरोजगारी लाभ के रूप में तीन महीनों के औसत वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए नियमों में ढील दी है नई दिल्ली में केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई ईएसआईसी की बैठक में इसका निर्णय किया गया पंचायत अधिकार समिति गठित प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने आठ सदस्यीय समिति गठित की है यह समिति एक माह में वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त अधिकारों की समीक्षा कर अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंपेगी सरकार समिति के प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद इन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती दो अक्टूबर को लागू करने की तैयारी कर रही है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के अनुमोदन के बाद पंचायत विभाग के विशेष सचिव और संचालक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है आयुक्त मनरेगा राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान के संचालक विकास आयुक्त कार्यालय के वित्त नियंत्रक तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा नामांकित दो जिला पंचायत अध्यक्षों तथा दो जनपद पंचायत अध्यक्षों को समिति का सदस्य बनाया गया है हादसा दुर्ग जिले में बीती रात दादर चरोदा मोड़ के पास पाटन से लौटे रहे दो सगे भाईयों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी इस हादसे में बड़े भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि छोटे भाई को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ के पास आज हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई उधर जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बनाहिल में दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई रेलवे निरीक्षण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के तहत पेण्ड्रा रोड से अनूपपुर तक पचास किलोमीटर तीसरी लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है अब तक पेण्ड्रा रोड से निगौरा स्टेशनों के बीच लगभग छब्बीस किलोमीटर नई विद्युतीकृत तीसरी लाईन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है इसी कड़ी में कल रेलवे सुरक्षा आयुक्त एके राय ने तीसरी लाईन का मोटर ट्रॉली निरीक्षण और ऑब्जर्वेशन कार के साथ स्पीड ट्राई किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने इंटरलॉकिंग ब्रिज के साथ ही परिचालन और सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए तीज गणेश चतुर्थी सुहागिनों का पवित्र त्यौहार हरितालिका तीज आज प्रदेशभर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में इसे तीजा के रूप में मनाया जाता है इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं इस दिन रेत और मिट्टी से शिवलिंग स्थापित कर फूलेरा बनाया जाता है और विधि विधान से देवी पार्वती के संग महादेव की पूजा की जाती है आज घरों के अलावा शिव मंदिरों में भी आकर्षक रूप से फूलों से सजे फुलेरा स्थापित किए गए हैं कल गणेश चतुर्थी है विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश कल विराजेंगे ग्यारह दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं हालांकि इस साल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भगवान गणेश की मूर्तियां ज्यादातर चौक चौराहों में स्थापित नहीं किए जा रहे हैं घरों में ही गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं स्काई वॉक सहमति राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक में स्काई वॉक ब्रिज निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित सामान्य सुझाव समिति की बैठक में सर्व सम्मति से स्काई वॉक बनाने का निर्णय लिया गया है बैठक में तकनीकी परीक्षण के लिए एक उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि तकनीकी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया जा सके रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में बनी समिति की कल बैठक हुई बैठक में स्काई वॉक निर्माण के लिए दो प्रस्तावों पर सहमति बनी जिसमें एक रोटरी के साथ और दूसरा रोटरी के बिना कार्ययोजना तैयार की जाएगी ताकि जनभावनाओं और सुविधाओं के साथ साथ निर्माण हो और खर्च में भी कटौती की जा सके इसका तकनीकी सब कमेटी द्वारा परीक्षण कराया जाएगा उसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के साथ चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा राजनांदगांव प्रदर्शन राजनांदगांव में लॉकडाउन के दौरान डीजे और साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध से परेशान संचालकों ने आज प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में तीन दिनों के भीतर डीजे और साउंड सिस्टम को लगाने की अनुमति देने की मांग की गई है साथ ही संचालकों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे

सभी को अकलतरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है

उनके पास से आठ नग दांत मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल जब्त किए गए हैं